स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में बताया कि देश में कोरोना मामले लगभग चार दिन में दोग्ने हो रहे हैं उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस की स्थिति की जिला मजिस्ट्रेटों प्लिस अधीक्षकों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की श्री अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को दवाई और चिकित्सा उपकरण निर्मित करने वाली इकाइयों का संचालन सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इससे पहले आज दिन में श्री मोदी ने इसके संबंध में एक ट्वीट कर लोगों को याद दिलाया

नौ बजे दीया और मोमबत्ती जलाते समय लोगों को सैनीटाइजर इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है

अरुणाचल प्रदेश विद्युत विभाग के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रम्ख नांग्कोंग परमे ने लोगों से एक ही बार में घर की सभी लाइटों को स्विच ऑफ न करने की अपील करते हुए क्छ अंतराल में लाइट ऑफ करने का स्झाव दिया है उन्होंने लोगों से पूरे कालोनी या घर की विद्य्त आपूर्ति के लिए लगे मेन स्विच को ऑफ न करते हए बारी बारी से घर की लाइट के स्विच को ऑफ करने की अपील की है

राजधानी ईटानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने त्वरित कार्रवाई करते हए स्रक्षा बलों के साथ कई स्थानों से बैरिकेटिंग को हटाया जिला उपाय्क्त कोमकर दुलोम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इससे ज्ड़े लोगों को पास जारी किए गए हैं इधर ऐहतियात के तौर पर राजधानी क्षेत्र ईटानर में राज्य सचिवालय अन्य सरकारी कार्यालयों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय इलाकों में वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है ईटानगर नगरपालिका परिषद और संबद्ध विभागों द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के अन्सार वायरस रोधी दवाओं के छिड़काव को प्राथमिकता दी जा रही है

परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहत जरूरी है क्छ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है घर में निर्मित ऐसे मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार के मास्क सम्दाय को बड़े पैमाने पर स्रक्षित रखने में सहायक होंगे

इसका म्ख्य उद्देश्य जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है

इसी कड़ी में सोसायटी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए लोगों से घरों पर ही बने रहने की अपील की तागिन कल्चरल सोसायटी का कहना है कि कई दशकों से संक्रामक बीमारियों का संक्रमण फैलने पर गांवों में लोग महीनों तक अपने घरों से बाहर नहीं जाते थे और एक गांव से द्सरे गांव में जाने पर भी रोक होता था उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से की गयी लॉएकडाउन के निदेशों के अन्सार भी हमें उन्हीं कारगर उपायों पर अमल करना है

हमारे ईस्ट सियांग जिला संवाददाता ने बताया कि जनजाति के लोग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपायों को अमल में लाते हए एक द्रसरे को विभिन्न माध्यमों से मोपिन की बधाई दे रहे हैं मोपिन उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि जनजाति के लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हए समारोहपूर्वक उत्सव ग्राऊण्ड में जमा न होते हए इस बार अपने अपने घरों में पारंपरिक परिधानों से स्सज्जित होकर त्यौहार मना रहे हैं